राज्य में कोरोना के मामलों में कमी का सिलसिला जारी

मौसम विभाग ने उन्नीस मई को राज्य के कुछ भागों में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया

हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और चौवालीस वर्ष से अधिक के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगा ली है सही समय पर दूसरी डोज लें इन तीन सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें मास्क लगायें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें

इन क्षेत्रों में संक्रमित मरीजों पर विशेष नजर रखने की सलाह दी गयी है

लेकिन अर्धशहरी ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में भी अब संक्रमित लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है इसलिए इन क्षेत्रों में कोविड महामारी से निपटने के प्रयास तेज करने के लिए सभी स्तरों पर प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और समुदायों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है

इन रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता नहीं है और इन्हें घर पर ही या कोविड केयर आइसोलेशन सेंटर में ठीक किया जा सकता है कोविड रोगियों की निगरानी के लिए ऑक्सीजन के स्तर पर नजर रखना महत्वपूर्ण है प्रत्येक गांव में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर होने चाहिये ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति को इन उपकरणों के प्रावधान के लिए संसाधन जुटाने चाहिए कोविड रोगियों के परिवारों के लिए पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर उपलब्ध कराने की प्रणाली विकसित की जानी चाहिए इस कार्य में आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्रामीण स्तर के स्वयंसेवकों की सहायता ली जानी चाहिए घर में क्वारंटीन लोगों को होम आइसोलेशन किट उपलब्ध करायी जानी चाहिए

किट में दवाइयों का विवरण और उन्हें लेते समय सावधानी के ब्योरे के साथ विस्तृत पर्चे भी होने चाहिए

देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन लाख ग्यारह हजार एक सौ सत्तर लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान तीन लाख बासठ हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर चौरासी दशमवल दो पांच प्रतिशत हो गई है वर्तमान में देश में उपचाराधीन कोविड मरीजों की संख्या छत्तीस लाख अड्डारह हजार से अधिक है नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि कुल मिलाकर महामारी की स्थिति में स्थिरता है और इसे और अधिक स्थिर करने के प्रयास किए जा रहे हैं

कुछ स्टेट्स में ये क्लीयर पैट्रर्न है कुछ में अभी भी कंसर्न है और कुछ में ये भी है कि बढ़ने की तरफ भी है मिक्सड पिक्चर है हमारे सामने

कोविड से बचाव और सुरक्षित रहने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार परामर्श जारी कर रहे हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि लोगों को कोविड संक्रमण के मामले में स्टेराइड का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए

स्टेरॉयड जो पेशेंट ले रहे हैं जिनको डायबिटीज है और साथ में कोविड है अगर ये तीनों चीजें इकट्टी मिल जाए तो वो चांसिस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाते हैं इसलिए इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो मिसयूज ऑफ स्टेरॉयड जो है वो कम करना पड़ेगा और जैसे पहले भी कहा था कि पेशेंट जिनको माइल्ड डिसीज है जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और जिनको अर्ली स्टेज में जो कोविड इन्फेक्शन है उनमें से स्टेरॉयड देने से नुकसान ज्यादा है फायदा कोई नहीं केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोविशील्ड के दूसरे टीके का ऑनलाइन पंजीकरण चौरासी दिन के बाद ही होगा दूसरे टीके के लिए पहले से किए गए पंजीकरण मान्य होंगे हालांकि मौजूदा पंजीकरण वाले लाभार्थी दूसरे टीके का पंजीकरण चौरासी दिन बाद अपना पंजीकरण दोबारा करवा सकते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन के दूसरे टीके के लिए पंजीकरण चौरासी दिन से पहले नहीं होगा प्रदेश में पिछले पांच दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है जबकि स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हो रही है राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान करोरोना के छह हजार आठ सौ चौरानवे नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक पटना में एक हजार एक सौ तीन मामले पाये गये हैं वहीं गया में तीन सौ इक्यासी समस्तीपुर में तीन से इकतीस पूर्वी चंपारण में दो सौ संतानवे बेगूसराय में दो सौ सत्तर मधुबनी में दो सौ सड़सठ सुपौल में दो सौ चालीस और अररिया में दो छत्तीस मामलों की पुष्टि हुई है वहीं अन्य जिलों में भी पॉजिटिव मामले पाये गये हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान चौदह हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं प्रदेश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर सतासी प्रतिशत से अधिक हो गयी है प्रदेश में अब तक नवासी लाख से अधिक लोगों को टीके लगाये जा चुके हैं इधर देश में अब तक अठारह करोड इक्कीस लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं प्रदेश में पच्चीस मई तक प्रभावी रहने वाले लॉकडाउन दो के लिये संशोधित दिशा निर्देश आज से प्रभावी हो गये हैं इस अवधि में पिछले लॉकडाउन की पाबंदियां भी लागू रहेंगी नये दिशा निर्देश के अनुसार राशन की दुकानें डेयरी सब्जियों और मांस की दुकानें शहरी क्षेत्रों में सुबह छह बजे से दस बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह आठ बजे से दोपहर बारह बजे तक खोलने की अनुमति होगी निर्माण सामग्री बीज और उर्वरक की दुकानें सप्ताह में दो बार सोमवार और व्रहस्पतिवार को सुबह छह बजे से दस बजे तक खोली जाएंगी विवाह समारोह में केवल बीस लोग शामिल हो सकेंगे अंतिम संस्कार में भी बीस लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी निजी वाहनों के आवागमन के लिये ई पास लेना अनिवार्य होगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य के अस्पतालों में ब्लैक फंगस के लगभग दो दर्जन मामलों की जानकारी प्राप्त हुई है श्री पांडेय ने कहा कि राज्य सरकार इन मरीजों के उपचार और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को लेकर गंभीर है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए लिपोसोमल एफोटेरिसीन बी इंजेक्शन की छह हजार डोज भेजी गयी है श्री पांडेय ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को इंजेक्शन का चौदह हजार वायल उपलब्ध कराया गया था वहीं श्री पांडेय ने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों और अस्पतालों में रेमडेसिविर इजेंक्शन के सैंतीस हजार से अधिक डोज उपलब्ध कराये गये हैं केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि नियमित बाजार खुलने के प्रतिबंधित समय से उचित दर की दुकानों को छूट दी जाए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है कि उचित दर की दुकानों को महीने के सभी दिन खोला जाए और दिनभर लाभार्थियों को अनाज वितरित किया जाए मंत्रालय ने कहा कि इससे कोविड नियमों का समुचित पालन करते हुए सभी लाभार्थी सुरक्षित और समयबद्ध ढंग से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण में अनाज ले सकेंगे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि केन्द्र ने अब तक राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को बीस करोड़ से अधिक वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई है राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के पास एक करोड़ चौरासी लाख से अधिक कोविड वैक्सीन अब भी उपलब्ध हैं करीब इक्यावन लाख वैक्सीन अगले तीन दिन में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को भेज दी जाएगी

सच्चा कलाकार वही होता है जो अपनी कला के माध्यम से समाज का मनोबल बढ़ाता है पद्मविभूषण और पद्मभूषण से सम्मानित नृत्यांगना सोनल मानसिंह मानती हैं कि कोरोना के इस संकटकाल में कलाकारों का कर्तव्य है कि वे अपनी कला के माध्यम से समाज को नया हौसला दें

हताश निराश थके मन को प्रफूल्लित करती हैं आशा का संचार करती हैं

आइए हम अपने निजी दुख दर्द को कुछ समय के लिए एक तरफ कर समाज व हमारे देशवासियों की सेवा में अपनी अपनी कला प्रस्तुति करें जिनसे कुछ समय के लिए दर्दी भी अपना दर्द भूल जाएं व आत्मबल का अनुभव करें भोजपुर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर एलपी झा के दिशा निर्देश में चिकित्सकों की टीम ने सदर अस्पताल में आईसीयू को चालू कर दिया है फिलहाल तीन आईसीयू बेड पर गंभीर मरीजों को शिफ्ट कर उनका इलाज शुरू कर दिया गया है सदर अस्पताल में आईसीयू के प्रारंभ होने से गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा प्राप्त हो सकेगी पश्चिम चंपारण के बेतिया जिला मुख्यालय में कोरोना महामारी के दूसरे दौर में लाचार और असहायों के बीच सामाजिक कार्यकर्ता गरिमा देवी सिकारिया तथा सुशीला देवी की ओर से प्रतिदिन निःशुल्क भोजन का शिविर लगाया जा रहा है समस्तीपुर नगर परिषद की ओर से कोरोना से बचाव के लिए शहरी क्षेत्र के सभी उनतीस वार्डों में सैनिटाईजेशन का काम किया जा रहा है अररिया के नगर थाना अध्यक्ष सुनिल कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जांच अभियान चलाया और बिना पास के वाहनों के परिचालन पर जुर्माना भी वसूल किया

प्रदेश में पश्चिम से आने वाली गर्म हवा के कारण तापमान में तेजी से बढ़ोतरी जारी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा के अनुसार अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के तापमान में औसतन एक से दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है वहीं मौसम विभाग ने उन्नीस मई को राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी मध्य भागों में एक दो स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है शेष स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा

राज्यपाल ने आज राजभवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में राज्य के बत्तीसवें राज्यपाल आर ़ एल ़ भाटिया की तस्वीर पर प्रष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी वहीं मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि आरएल भाटिया के निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में अप्रणीय क्षति हुई है उनके सम्मान में राज्य सरकार ने आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया था राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पूर्व सांसद विजय सिंह यादव के निधन पर भी गहरा शोक प्रकट किया है

राज्य में कोरोना के मामलों में कमी का सिलसिला जारी

मौसम विभाग ने उन्नीस मई को राज्य के कुछ भागों में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया